आ भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उधायों का संकल्ध लें

बाल मित्र थाना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रदेश के शहले बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारम्भ किया

उन्होंने कहा कि बाल मित्र थाने के रू में उत्तराखण्ड में एक नई शुरूआत की गई है यह प्रलिस का एक महत्वप्र्ण सुधारात्मक कदम होगा उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर माहौल मिलना जरूरी है उन्होंने कहा कि जो बच्चे अनजाने में अ नी दिशा से भटक जाते हैं इन थानों के माध्यम से इनको सही दिशा देने के प्रयास किये जा सकते हैं

इन थानों में बच्चों के काउंसलिग की व्यवस्था भी की जायेगी

सीएम लोकार्मण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में बह्उद्देश्यीय क्रीड़ा भवन का लोकार्रण किया

कृषि मंत्री ने योजना की समीक्षा बैठक की

इस योजना का मकसद तकनीकी ज्ञान कौशल प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण कराना है इसके अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाय प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना और कृषकों की आय बढ़ाना है हरिद्वार महाकंभ हरिद्वार महाकुंभ के लिए ब्रेनियादी सुविधाओं को अंतिम रू दिया जा रहा है इसी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अंतिम चरण में है और इसमें हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि महाकंभ को देखते हए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रर् दर्घटनाओं को रोकने के लिए इस बार विदेशी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा साथ ही द्वर्घटना संभावित क्षेत्रों में जगह जगह चेतावनी चिन्ह भी लगाए जाएंगे आने जाने वाले वाहनों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी हाईवे प्र जगह जगह एंबुलेंस भी तैनात की जाएंगी जिसका नंबर भी हाईवे र लगे बोर्डो र प्रदर्शित किया जाएगा जिलाधिकारी ने बताया कि जो लोग सड़क द्र्घटना में घायल लोगों की मदद करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा इससे हले कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश ोखरियाल निशंक ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लोगों को यातायात के नियमों का शालन करने की शांधथ दिलाई थी साथ ही हाईवे शर ब्नियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ व्यावहारिक कमियों को भी द्र करने के निर्देश दिए स्मार्ट राशन कार्ड देहरादून में स्मार्ट राशन कार्ड के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शरदर्शी बनाने की प्रक्रिया जारी है जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रिंटेड स्मार्ट राशन कार्ड मिलने शुरू हो गए हैं विभाग अगले हफ्ते से चरणबद्व तरीके से राशन विक्रेताओं के माध्यम से नए कार्ड जारी करना शुरू करेगा नए कार्ड के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शत प्रतिशत राशन की द्कानों को भी ऑनलाइन ब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा है

अब विभाग कार्ड धारकों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें हले चरण में नए राशन कार्ड दिए जाएंगे जैसे जैसे विभाग को नए कार्ड मिलेंगे उन्हें लगातार जारी किया जाता रहेगा

बागेश्वर में टीकाकरण का कार्य जिलाधिकारी विनीत कुमार की देखरेख में किया जा रहा है

हरिद्वार में कुम्भ कार्यो की समीक्षा करने हंचे मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने यह बात कही अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने कुंभ कार्यो का स्थलीय निरीक्षण भी किया और संत्रृष्ट नजर आए मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने कहा कि कुंभ मेले के तहत किए जा रहे स्थाई कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं अब मेला प्रशासन का पूरा ध्यान श्रद्वालूओं की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अस्थाई कार्यों पर होगा कोरोना और स्वरोजगार कोरोना महामारी के दौरान घर वा स लौटे युवाओ के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आजीविका अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन बनी है राज्य के य्वा इस योजना का लाभ लेकर अ नी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है चमोली जिले में जहां विकासखंड नारायणबगड़ निवासी संदी सिंह सजवाण ने म्र्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर ऋण लिया और अ ना व्या ार शुरू किया लॉकडाउन से हले हरिद्वार में एक होटल में नौकरी करने वाले संदी सजवाण ने बताया कि उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से ऋण लिया और आज वह अ ना कारोबार चला रहे है एक अन्य प्रवासी गौरव सिंह रावत बताते हैं कि कोरोना महामारी में नौकरी छूटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन किया आवेदन स्वीकार हो जाने र उन्हे ऋण मिला और उन्होने अ ना कारोबार शुरू किया

इस दौरान विधानसभा में बाल विधानसभा आयोजित की जाएगी जिसमें कई विभाग अ नी प्रस्तुति देंगे

बाल विधानसभा में हर तीन वर्ष में बाल मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है